पट्टा वितरण सीहोर जिले के विकासखंड नसुरल्लागंज के ग्राम भिलाई लाड़कुई में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनजातीय ग्रामीणें को वनाधिकार पट्टों का वितरण किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के हर संभव प्रयास कर रही है उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित जनजातीय लोगों आश्वस्त किया की उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार उठायेगी बजट चर्चा केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रस्तावित आम बजट पर विचार विमर्श के लिए इंदौर में उद्योगपतियों औद्योगिक संगठनों वित्त से जुड़े लोगों और आमजनों से मुलाकात की उन्होंने बजट एवं कोरोना के बाद की स्थितियों को लेकर कई सुझाव और शिकायतों पर भी विस्तार से चर्चा की श्री ठाक्र ने आश्वासन दिया कि सुझावों को बजट में शामिल करने का पूरा प्रयास करेंगे सांसद शंकर लालवानी ने केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि पहले बंद कमरों में बजट और देश की नीतियां बनती थी लेकिन अब लोगों से विचार विमर्श के बाद बजट और नीतियां तैयार की जाती है उद्यमी सम्मेलन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्यस्तरीय महिला उद्यमी सम्मेलन में कहा कि सरकार तो महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिये विभिन्न सुविधायें प्रदान कर रही है परंत् उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उन्हें परिवार का सहयोग मिले इसके लिये सबसे पहले यह जरूरी है कि परिवार की महिलाओं के नाम से सम्पत्ति खरीदी जाये जिससे महिलाएँ अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त हों वर्चुअल कार्यक्रम में श्रीमती पटेल ने महिला उद्यामियों से आग्रह किया कि वे अपने प्रयासों से साड़ी बैंक बनायें जिससे जरूरतमंद महिलाओं को विशेष अवसरों पर पहनने के लिये अच्छी साड़ियाँ मिल सकें उन्होंने कहा कि यहां जरूरतमंदों के उपयोग की वस्तुएँ के लिये कार्नर बनाये जा सकते है प्रधानमंत्री रकाबगंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नई दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में गुरु तेग बहादुर को श्रद्वांजलि अर्पित की

श्री मोदी ने इस अवसर को ऐतिहासिक ढंग से मनाने और गुरु तेगबहादुर के आदर्शों पर चलने की अपील की प्रधानमंत्री ने कल शहीदी दिवस पर गुरु तेग बहादुर को श्रद्वाजंलि अर्पित की और न्यायपूर्ण तथा समावेशी समाज के लिए उनके साहसिक दृष्टिकोण का स्मरण किया

जन आंदोलन ब्रहानपुर के वरिष्ठ समाजसेवी महेंद्र जैन ने प्रधानमंत्री के कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है

बैठक के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि भारत में कोविड महामारी के बढ़ने की दर घटकर दो प्रतिशत तक आ गई है और मृत्यु दर विश्व में सबसे कम एक दशमलव चार पांच प्रतिशत है

निर्माण सेवाएं उदघाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन जिले के जमुनिया खेजड़ा गांव में एक निजी औद्योगिक कंपनी की आधुनिकतम निर्माण सेवाओं का उदघाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में औद्योगिक निवेश के प्रयास किये है उससे निवेशक भी आकर्षित हए हैं और रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के लिए संसाधन उपलब्ध है और यहां बिजली की आपूर्ति मांग से अधिक है मुख्यमंत्री ने दावा किया की आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रौडमैप जारी कर दिया है और ऐसा करने वाला वह देश में पहला राज्य है नेपाल संसद भंग नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने आज प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के मंत्रिमंडल की सिफारिश पर संसद भंग कर दी

यह निर्धारित समय से लगभग एक वर्ष पहले होंगे

आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता तारिक आरियन ने विस्फोट के लिए आतंकवादियों को जिम्मेदार बताया है उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना में महिलाओं और बच्चों की भी मौत हुई है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

रिपोर्ट में निवेश प्रोत्साहन के लिये राज्य द्वारा उठाये गये कदमों तथा दूरदर्शी नीतियों की भी सराहना की गई है

इसमें दो वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को घर घर जाकर फाईलेरिया रोधी दवा दी जा रही है

इस बुलेटिन के अंत मे एक अपील हमेशा ध्यान रखे मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार